उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है

लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्व तरीके से छूट देने की व्यवस्था की गई है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पैकेज में कामगारों के लिए किराए पर मकान उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत अन्य राज्यों के श्रमिक यदि अपने गृह प्रदेश जाना चाहते है तो उनकी सकुशल वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

उन्होंने आगरा मेरठ अलीगढ़ कानपुर तथा फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेजों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए

उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों में गायों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया जाए गर्मी तथा बरसात से बचाव के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाएं

आज जारी दिशा निर्देशा में पैंसठ वर्ष से अधिक आयु वाले सहरूग्णता अर्थात एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग गर्भवती स्त्रियों और दस वर्ष से कम आयू के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है साथ ही फेस कवर या मास्क का प्रयोग आर व्यक्तिगत दूरी बनाये रखने धर्मस्थलों और अन्य भवनों में प्रवेश से पूर्व हाथों को सैनिटाइज करने सार्वजनिक स्थलों पर न थ्रकने तथा आरोग्य सेत् और आयुष कवच कोविड ऐप का उपयोग करने को कहा गया है कंटेन्मेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं परन्तु यहां भी एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्वालु न आने देने तथा अन्य एहतियाती उपाय करने को कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा इन स्थलों पर प्रवेश और निकास की यथा संभव अलग व्यवस्था होनी चाहिये कार्यस्थलों स्टेशनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सीमित क्षमता में लोगों की मौजूदगी रखी जाये बैठकों के लिये वीडियो कांफ्रेंसिंग अपनाने और वातानुकूलन का तापमान चौबीस से तीस डिग्री के मध्य रखने की सलाह दी गई है शापिंग माल होटल और रेस्टोरेंट भी कंटेन्मेंट क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों पर खोले जा सकते हैं परन्तु यहां भी सभी सावधानियां बरती जाये इन स्थानों पर सीसी टीवी कैमरे लगातार कार्यरत रहने चाहिये ग्राहकों के टेबल छोड़ते ही इसे सैनिटाइज किया जाये तथा बच्चों के खेलने के स्थानों को बंद रखा जाये होटलों में डाइनिंग हाल के स्थान पर रूम सर्विस को बढ़ावा दिया जाये और अतिथियों के सामान को उनके कमरों में भेजने के पूर्व कीटाणु रहित किया जाये किसी भी स्थान पर संदिग्ध मरीज मिलने पर जिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन को सूचित करते हुए उसे अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग रखा जाये और उसके चिकित्सा परीक्षण तक फेस कवर या मास्क का प्रयोग किया जाये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

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में दो सौ अड़सठ लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई पांच हजार नौ सौ आठ रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं इस बीच अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी रोगियों को गुनगुना पानी दिया जाए प्रदेश में कल ग्यारह हजार तीन सौ अट्ठारह सैम्पलों की जांच की गई अब तक पन्द्रह हजार एक सा तिहत्तर इलाकों में सामुदायिक सर्विलांस का काम किया गया है इनमें चार हजार चार सौ नौ हॉट स्पॉट है लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बहुत से जरूरतमंदों की ऐसे समय मदद की गई जब वे बिल्कुल लाचार थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक निवासी को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुश्किल समय में मदद दी गई जिसके लिये वे शुक्रगुजार हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रहने वाले आशीष अरुण कैंसर और किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और लॉक डाउन के दौरान उनकी दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया था आखिरकार उन्होंने इस मुश्किल से निपटने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में गुहार लगाई और तुरंत उनकी मदद की गई औषधियों का जो मेरा स्टाक था वह लॉकडाउन अवधि के लिये पर्याप्त नहीं था और मैं हैंडलिस्ट प्रोफाइल का पेशेन्ट होने के कारण बाहर जाकर अपनी दवाइयों को खरीद का भी कार्य नहीं कर सकता था ऐसी स्थिति में पीएमओ कार्यालय के पर्सनल ग्रिवांश पोर्टल पे जाकर मैने एक अप्रैल को अपनी ग्रिवांश डाली थी आन लाइन कि दस अप्रैल को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर के मेरे घर पे उचित मूल्य पे सभी दवाइयां मुझे पहुंचाई गई इसके लिये मैं जिन लोगों ने इस कार्य में सहयोग किया बहुत ही ज्यादा आभारी हूं लॉक डाउन के दौरान आशीष जैसे हजारों लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया और वो सरकार का इस पहल के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इन्हें मंजूरी दी थी

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल सभी मुख्यमंत्रियों का पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी और सुधारों को अमल में लाने के लिये उनसे सहयोग का आग्रह किया केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज जिले के अग्रणी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संचालित ई स्वरोजगार संगम अमेठी ईएसएस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया

श्रीमती ईरानी ने बैंकों को सलाह दी कि भारत सरकार द्वारा जारी सुरक्षा के सभी निर्देशों का अनुपालन करें जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मानिर्भर भारत बनाने का सपना पूरा किया जा सके

लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है